इस सिलसिले में सभो तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं

दोनों लोकसभा क्षेत्र के छत्तीस लाख पैतालिस हजार सात सौ बहत्तर मतदाता अपने मताधिकारी का प्रयोग करेंगे जिसमें आगरा चुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में आठ सौ अदगारह मतदान केन्द्रों के दो हजार एक सौ अटत्तर वृथों पर उन्नीस लाख चौंतीस हजार आठ सौ चौंवालिस है जिसमें दस लाख चौंव्वन हजार नौ सौ ग्यारह पुरूष और आठ लाख उन्यासी हजार आठ सौ तिरालिस महिला मतदाता मतदानमें भाग लेकर नौ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी जबकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में एक हजार दो सौ दस मतदान केन्द्रों के एक हजार नौ सौ सढ़सठ व्रथों पर संत्रह लाख दस हजार नौ सौ अठगाइस मतदाता मतदान करेंगे जिनमें नौ लाख तेतिस हजार दावन प्ररूष और साल लाख सतहत्तर हजार आठ सौ आठ महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भाग लेकर पन्द्रह प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद करेंगे मतदान को शांतिर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पूलिस बल तैनात किया गया है

अमरोहा में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को इस संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के लिए रवाना कर दिया गया है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से डिस्पैच अमरोहा में कल होने वाले मतदान के लिए चमी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं आज मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गयी हैं जिले में कल होने वाले मतदान के लिए कल नौ साठ मतदान केन्द्र जबकि एक हजार चार सौ चौबीस मतदेय स्थल बनाये गये कृल एक हजार पाँच सौ चौरासी पोलिंग पार्टियां बनायी गयी है

साढ़े सात हजार पलिस कर्मी तीन हजार होमगार्ड के साथ चौबीस कंपनी पैराभिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किये गये हैं जिला निर्वाचन अधिकारी उमंश चन्द्र ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं सुचारू मतदान के लिए सभी आवश्वक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं

इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आठ हजार सात सौ इक्यावन मतदान केन्द्र बनाये गये हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के लिए इन सभी संसदीय क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केन्द्रों पर एक हजार नौ सौ से अधिक डिजिटल और वीडियों कैमरों के ज़रिये मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी इसके अलावा इन सभी मतदेय स्थलों पर वीवीपैट का शत प्रतिशत इस्तेमाल किया जायेगा इस दौरान मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश के अलावा कारखाने सभी वाणिज्य प्रतिष्ठान और दकानें बन्द रहेगी

जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किश्मत का फैसला कल मतदाता करेंगे उनमें मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अमरोहा से पूर्व जेडीएस महासचिव और गठबन्धन प्रत्याशी कुँवर दानिश अली शामिल हैं पिछले लोकसभा चुनाव में इन सभी आठ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई थी

उन्होंने कहा कि मताधिकार आम नागरिकों के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता के सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है लोगों को इस संवैधानिक अधिकार और नैतिक दायित्व का निर्वहन प्ररी तन्मयता से करना चाहिए

तीसरे चरण में प्रदेश के दस संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों मुरादाबाद रामपुर सम्मल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू ऑवला बरेली और पीलीभीत में वोट डाले जायेंगे बरेली जिले के ऑवला लोकसभा क्षेत्र में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप के समर्थन में चूनावी सभा को सम्बोधित किया श्री मौर्य ने कहा सपा और बसपा का गठबन्धन राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया है लकिन जनता गठबन्धन के नेताओं के चरित्र से अच्छी तरह अवगत है और वह अपने विवेक से बेहतर निर्णय करेगी बाद में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मौर्य ने कहा कि आजम खान का बयान महिलाओं के प्रति अनादर जाहिर करता है उन्होंने कहा कि सपा नेतृत्व को श्री खान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सपा बसपा के चुनावी तालमेल का जिक्र करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि गठबन्धन में शामिल सभी दलों का सफाया निश्चित है

वह पूर्व भाजपा नेता और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघन सिन्हा की पत्नी हैं लखनऊ संसदीय क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काग्रेस ने कल ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था आज पार्टी प्रत्याशी के तौर पर पूनम सिन्हा के नाम का ऐलान करते हुए समावादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी अपने वादों पर चर्चा करने से भाग रही है उन्होंने केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारों के द्वारा एक साजिश के तहत लखनऊ शहर का विकास रोके जाने का भी आरोप लगाया आजम खान द्वारा की गयी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जानब्झकर गैर ज़रूरी मुद्दों को उछाल रही है ताकि अपनी नाकामी छिपा सके हालांकि उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करना सहो नहीं है

उन्होने कहा कि पहले चरण के मतदान के फौरन बाद गठबन्धन ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है श्री सिंह ने कहा कि इन दलों को अपनी हार का एहसास सताने लगा है उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते लेकिन इन दलों का यह सपना साकार नहीं होगा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

महावीर जयंती जैन समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वो में से एक है इस अवसर पर जैन धर्मावलम्बी अहिंसा सत्य और शुद्धता जैसे संकल्पों का पाठ करते हैं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भगवान महावीर जयंती के अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और उपवास के साथ साथ विविध आयोजन किये जा रहे हैं राजधानी लखनऊ में आज सूबह डालीगंज चौक यहियागंज गोमतीनगर और चारबाग सहित कई जैन मन्दिरों से प्रभात फेरियां निकाली गयीं इन सभी जैन मन्दिरों में ध्वजारोहण के बाद सामूहिक पूजन और प्रसाद वितरण किया गया शाम को शहर के महावीर पार्क में धर्मसभा का आयोजन किया गया जिसमें धार्मिक विद्वानों ने महावीर स्वामी की शिक्षाओं और अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला